श्री बदरीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगामुख्य सचिव ने कहा भविष्य में बढ़ेगी श्रद्वालुओं की संख्या

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देहरादून के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इस संबंध में उन्होंने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ बद्रीनाथ धाम में शासन स्तर से हायर कम्पनी के कन्सलटेंट के साथ प्रस्तावित मास्टर प्लान पर चर्चा की मुख्य सचिव ने कहा इस बार तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि ऑलवेदर रोड़ और रेल परियोजना का कार्य पूरा होने पर बद्रीनाथ धाम में प्रतिवर्ष रिकार्ड यात्रियों की पहुंचने की सम्भावना है इसलिए श्री बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की योजना है इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर धाम में संचालित और प्रस्तावित कार्यो की जानकारी भी ली

मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने अंतिम गांव माणा का भी भ्रमण कर प्रस्तावित कार्यो के संबध में अधिकारियों से जानकारी ली इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि माणा गांव के प्रसिद्ध हस्तशिल्प को आगे बढाने के लिए शासन स्तर से ठोस र्योजना संचालित करने का प्रयास किया जायेगा स्लग सोशल मीडिया सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अंपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है सोशल मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत के बारे में फेसबुक लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने प्रसारण मन की बात में जोर दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाये स्लग प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने आज देहरादून स्थित विधायक आवास में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के कमरों गेस्टहाउस और परिसर का निरीक्षण किया और जगह जगह फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक आवास में मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं में कमी है उन्होंने अधिकारियों को परिसर का मुआयना कर कमियों को सुधारने के निर्देश दिये अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे ठेकेदार को लापरवाही बरतने पर टर्मिनेट किया और विधायक आवास की व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी निरीक्षण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर में नये गेस्टहाउस बनाने की घोषणा भी की स्लग सीएम जनपद भ्रमण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सभी जनपदों का भ्रमण करेंगे अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आम लोगों से मिलकर जनसमस्याएं सुनेंगे जनपदों के भ्रमण पर निकल रहे मुख्यमंत्री पहले चरण में कल पौड़ी पहुंचेंगे इसके बाद वो चमोली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत ऊधमसिंह नगर का दौरा करेंगे स्लग हेमकुंड साहिब प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हेमकंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज दोपहर शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं इस पल का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्वालु घांघरिया पहुंचे इस दौरान गुरुद्वारा और लोकपाल मंदिर की फूलों से भव्य सजावट भी की गई थी हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह दस बजे से शुरू हो गई थी सुखमनी साहिब पाठ के साथ शबद कीर्तन अरदास और हुक्मनामा हुआ एक बजे गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुआई में दरबार साहिब से सतखंड लाया गया और फिर गुरुद्वारा के कपाट बंद कर दिए गए कपाटबंदी के उत्सव में शामिल होने के लिए हेमकुंड ट्रस्ट दिल्ली के सरदार जनक सिंह के नेतृत्व में दो हजार श्रद्दालुओं का जत्था घांघरिया पहुंचा था दूसरी ओर लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद करने के लिए भ्यूंडार के ग्रामीण हेमकुंड साहिब पहुंचे थे सेना की सिख रेजिमेंट की मधुर बैंड धुनों के बीच दोनो धामो के कपाट शीतकाल के लिये बंद कर दिये गए

नवरात्र के पहले दिन मां दूर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना होती है इस मौके पर प्रदेशभर के छोट बड़े मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा इस दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किये गए कई लोग नौ दिनों तक व्रत रखकर मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की अराधना करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शारदीय नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनके सुख समृद्धि की कामना की उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति के सम्मान की गौरवमर्यी परम्परा रही है और नवरात्र का पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परम्परा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है उन्होंने कहा कि समाज में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी नवरात्र पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेले को और भव्य रूप दिये जाने की घोषणा की

वहीं स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री की मांग पर उन्होंने नरेंद्रनगर महाविद्यालय में पीजी क्लास शुरू करने के अलावा कई अन्य मांगों को भी स्वीकृति दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मेले में श्री रावत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत हेमवती नंदन बहुगुणा बीआर अंबेडकर श्रीदेव सुमन की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया स्लग कौशल विकास प्रदेश में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज हजारों लोगों की सहूलियत का केंद्र बनती जा रही है